इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढियों के लिए महत्वपूर्ण है इस अभियान का नारा है वर्षा जल की बूंदे जहां गिरे जब भी गिरे एकत्र करें प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लाग करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गये नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी इसके तहत दौधन बांध के निर्माण के जरिये केन और बेतवा नदियों को जोडने वाली नहर के माध्यम से केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा इससे हर वर्ष दस लाख बासठ हजार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी लगभग बासठ लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जायेगी और एक सौ तीन मेगावॉट पनबिजली पैदा होगी इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को जल आपूर्ति की जा सकेगी

एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि पुनर्उपयोग पुनर्चक्रण और कम प्रयोग आदर्श वाक्य होना चाहिए ताकि आने वाली पीढियां इस अनमोल और सीमित प्राकृतिक संसाधन से वंचित न हों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी से आग्रह किया है कि वे जल स्रोतों को संरक्षित रखने के प्रयास करें उन्होंने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री के कैच द रेन अभियान में शामिल होना चाहिए

लखनऊ में आज विभिन्न विमागों के कार्यों की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों में वेचे जा रहे सरसों के तेल की भी गुणवत्ता की जांच की जाए श्री योगी ने सभी जनपदों में तहसील दिवस और थाना दिक्स को और प्रमावी बनाए जाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी जनता की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करें मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राहत आयक्त कार्यालय और जनपद स्तर पर राजस्व प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए श्री योगी ने एक अप्रैल से गेह खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए प्रदेश में कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में दसरे राज्यों से आने वाले कोरोना मरीजों की पहचान के लिए बस अड्डाॅ रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डाॅ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच सौ बयालीस नये कोरोना मरीजों का पता चला जो इस साल सोलह जनवरी के बाद से एक दिन में मिले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है सरकार आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर फोकस टेस्टिंग कर रही है जिसमें दुकानों पर काम करने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है प्रदेश में कल एक दिन में एक लाख पँतीस हजार दो सौ सत्तावन नमनों की जांच की गयी जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक जांच आरटीपीसीआर के माध्यम से की गयीं प्रदेश में अब तक तीन करोड़ सैंतीस लाख पन्द्रह हजार छ सौ इकतीस नमूनों की जांच की गयी

यहां की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली के लिए परम्परानुसार आज बरसाना स्थित राधा रानी के महल से निमंत्रण रूपी गुलाल लेकर राधा की सखियां कान्हा के गांव नन्दगांव पहचीं नन्दगांव में लटठमार होली का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद बरसाना के राघा रानी मंदिर में लड़दू होली का आयोजन हुआ कल बरसाना में लट्ठमार होली खेली जायेगी मथुरा के वरिष्ठ पूलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि लट्टमार होली मेला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से पांच जोन और बारह सेक्टर में बांटा है उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र की ड्रोन कैमरो से निगरानी की जायेगी

दुर्घटना सिविल लाइन क्षेत्र के पसियापुर गांव के पास हुई पुलिस ने बताया कि दोनों वाहनों के बीच आमने सामने से टक्कर हुई पिकप में पंद्रह लोग सवार थे घायलों में से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है उधर कुशीनगर के कसया क्षेत्र के हेतिमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग अट्ठाइस पर आज बारातियों से भरी एक बस द्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और बारह अन्य घायल हो गए